सोलन स्थित काठा में बच्चों के उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन व ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी का छापा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सरकार का हर वर्ग से आगे आने का आहवान

मुख्यमंत्री ने इस स्थान को प्रदेश का केन्द्रीय बिंदु बताते हुए इसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी बताया जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी ज़िले में हवाई अड्डा बनने से सुरक्षा बलों को भी सहायता मिलेगी इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु से हवाई अड्डा निर्माण के लिए शीघ्र स्वीकृतियां प्रदान करने और प्रदेश में उड़ान जल्द आरंभ करने के लिए सहायता प्रदान करने का आग्रह भी किया केन्द्रीय मंत्री ने मुलाकात के दौरान उठाए गए मुद्दों पर हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए

टीम ने इस दौरान बेबी पाऊडर के सैंपल भरे हैं उल्लेखनीय है कि इस उत्पाद के बारे में शिकायतें मिल रही थीं जिसके बाद ये कार्यवाही अमल में लाई गई है हमारे प्रतिनिधि के अनुसार अभी भी जांच जारी है लेकिन सीडीएससीओ के अधिकारी ने जांच प्रभावित न हो इसके लिए कुछ अधिक बोलने से गुरेज किया वहीं क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ धर्मेन्द्र शर्मा का कहना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों द्वारा किसी भी तरह के पाऊडर व अन्य कीम लगाने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि इनसे बीमारियों के पैदा होने की आशंका बनी रहती है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के एक साल के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे

कांगड़ा ज़िले में सुलह निर्वाचन क्षेत्र के अक्षैणा में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने ये बात कही विपिन परमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान गरीब व कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंझोल के वार्षिक समारोह में आज ये बात कही उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस यूग में यूवाओं के कौशल को निखारने की आवश्यकता है

उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और समय का सदुपयोग करने का आहवान भी किया

ऊना के मंदली स्कूल में आयोजित वार्षिक समारोह में पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार नशे के कारोबारियों के लिए सख्त कानून लेकर आई है और इस असामाजिक कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नही जाएगा वीरेंद्र कवंर ने कहा कि सरकार सभी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए अच्छी व आधारभूत शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्व है उन्होंने कहा कि सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अटल आदर्श विद्या केंद्र योजना के तहत एक एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है

वे आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रेई में नाबार्ड के तहत करीब अढ़ाई करोड़ रूपये से बनने वाली प्रेई संदू सड़क व खोली खड़ड पर बनने वाले पुल की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में बोल रही थीं बाद में उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैत में आयोजित वार्षिक समारोह में शिरकत की

शिविर का शुभारम्भ उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने किया इस मौक उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवा शक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सशक्त माध्यम है बिकम ठाकुर ने कहा कि ऐसे युवा नेतृत्व शिविरों के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र भावना पैदा होती है इस मौके उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र विकास की नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है

ये वीरता पुरस्कार इस स्कूल की दो छात्राओं मुस्कान और सीमा को मनचलों को करारा सबक सिखाने के लिए प्रदान किया जाएगा पिछले वर्ष इन छात्राओं ने छेड़खानी करने वाले इन युवकों का डटकर सामना कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है पुरस्कार मिलने की घोषणा से दोनों छात्राएं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं

सुल्तानपुर की वार्ड सदस्य अनीता ने दोनों छात्राओं को बधाई दी है

उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़े सभी स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा खेल मंत्री ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में प्रदेश को शिखर पर पहुंचाने के लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयासरत है और खेल व खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में सभी प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जा रहा है नशे जैसी बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताते हुए उन्होंने युवा वर्ग से इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आगे आने का आहवान किया इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पंचायतीराज मंत्री व प्रदेश वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष वीरेन्द्र कंवर ने भी अपने विचार रखे

उन्होंने कहा कि इस सेवा के एडवाईजरी बोर्ड में देश दुनिया के प्रख्यात डाक्टरों के जुड़ने से इसकी सार्थकता और लोकप्रियता बढ़ी है अनुराग ठाकुर ने कहा कि सांसद मोबाईल सेवा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को उनके पास जाकर उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है जिसकी अन्य राज्य भी सराहना कर रहें हैं

शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार को शिक्षा स्वास्थ्य व सड़क सहित जनमंच जैसे मुद्दों पर घेरा